श्री मोदी ने कहा कि काफी समय से लंबित और बह्प्रतीक्षित श्रम सुधारों को संसद ने पारित कर दिया है ये सुधार औद्योगिक श्रमिकों का कल्याण स्निश्चित करेंगे और आर्थिक विकास तेज करेंगे ये स्धार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के भी शानदार उदाहरण हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रम संहिता न्यूनतम वेतन और मजद्री के समय पर भ्गतान को सर्वव्यापी बनाती है और कामगारों की पेशेगत स्रक्षा को प्राथमिकता देती है श्री मोदी ने कहा कि ये विधेयक भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं और इनसे उद्यमों को सशक्त बनाया जाएगा तथा लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज खत्म किए जाएंगे

राजधानी ईटानगर में कल आयोजित हमारा अरुणाचल अभियान में विभिन्न गतिविधियों को शामिल कराने के मद्देनजर आयोजित बैठक में श्री फेलिक्स बोल रहे थे आगामी दो अक्टूबर को हमारा अरुणाचल अभियान एक वर्ष पूरा करेगा

अब तक यह स्पष्ठ हो गया है कि अरुणाचल उत्पादक राज्य नहीं बल्कि उपभोक्ता राज्य है इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के हाल ही के न्युट्रिशनल किचन और क्लस्टर फार्मिंग पर जानकारी देते हए कहा कि किस तरह इस पहल ने लोगों को खेती कर खूद को आत्म निर्भर बनाने को प्रोत्साहित किया

इसके साथ ही राज्य में कोरोना रोगियों की क्ल संख्या आठ हजार एक सौ तैतीस हो गई है राज्य की राजधानी ईटानगर में सर्वाधिक एक सौ तिहत्तर रोगी मिले वहीं चांगलांग में सत्रह ईस्ट सियांग से तेरह पाप्म पारे और पाक्के केसांग से नौ नामसाई लोहित और वेस्ट सियांग से आठ आठ अपर स्बनसिरी से सात अंचाव लोंगडिंग अपर सियांग और वेस्ट कामेंग से छह छह वहीं लोअर दिबांग वैली से पांच लोअर सियांग और क्रा दादी से दो दो और तवांग तिराप ईस्ट कामेंग और सियांग से एक एक कोविड संक्रमित मामले मिले है इक्कीस मरीजो को छोड़कर बाकी सभी एसिम्टोमेटिक है पिछले चौबिस घंटे में एक सौ पच्चीस कोविड रोगी स्वस्थ हए है ठीक होने वाले लोगों की संख्या पांच हजार नौ सौ तीन हो गई है राज्य में इस समय दो हजार दो सौ सोलह कोरोना रोगियों का इलाज चल रहा है और अब तक क्ल चौदह लोगों की मृत्यु ह्ई है

शट डाउन दिन के दौरान किया जाएगा इसका असर ईस्ट सियांग लोअर दिबांग वैली नामसाई और लोहित जिले पर पड़ेगा

इस तरह से संसद के मॉनसून सत्र का समापन हो गया है

राज्यसभा ने सौ दशमलव चार सात प्रतिशत कार्य उत्पादकता का कीर्तिमान बनाया जबकि लोकसभा में कामकाज की उत्पादकता एक सौ सड़सठ प्रतिशत रही जो अब तक की सर्वाधिक उत्पादकता है

उन्होंने आशा जताई कि इड़ू मिश्मी जनजाती का यह त्योहार समाज में संत्ष्टि और प्रसन्नता लेकर आएगी

श्री अंगड़ी बेलगावी लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद रहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि स्रेश अंगड़ी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने क्षेत्र बेलगावी और कर्नाटक के लोगों के लिए अथक परिश्रम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्रेश अंगड़ी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वे असाधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की